श्री खाण्ड्र ने बताया कि जिला प्लिस अधीक्षकों को म्ख्यमंत्री राहत कोष से एक करोड़ तीस लाख़ रुपये जारी किए गए है सभी जिलों के प्रशासन को कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अभियान के लिए म्ख्यमंत्री रोगी कल्याण कोष से पंद्रह करोड़ रुपये जारी किए गए जिसमें से अस्सी प्रतिशत धनराशि दवा और आवश्यक उपकरणों के खरीद के लिए खर्च किए जा सकते है शेष बीस प्रतिशत धनराशि अगले तीन महीनों के लिए स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन चिकित्सकों पैरामेडिकल स्टाफ और सेवानिवृत स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाओं के लिए खर्च किए जा सकेंगे

इच्छ्क स्वास्थ्य कर्मी राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय नाहरलग्न से संपर्क कर सकते है

म्ख्यमंत्री पेमा खाण्ड् ने एक ट्वीट संदेश में बताया कि भारत म्यांमा सीमा से लगे विजय नगर के द्र्गम इलाकों तक आवश्यक वस्त्ओं की आपूर्ति के लिए एक हेलिकॉप्टर से मियाओ में हेलिपेड पर सामान उतारा गया उन्होंने बताया कि जल्द ही राज्य के अन्य दर्गम इलाकों में भी हेलिकॉप्टरों से आवश्यक वस्तुएं पहुंचायी जाएगी

कल इस बैठक में रीजेंट की खरीद वेबसाइट समेकन डेटा प्रबंधन और विश्लेषण डैशबोर्ड और अन्संधान अध्ययनों जैसे म्द्दों पर व्यापक विचार विमर्श हआ

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी अन्क्रिया तकनीकी मार्गदर्शन और प्रयोगशाला सहायता के लिए भारतीय आय्र्विज्ञान अन्संधान परिषद की प्रशंसा की उन्होंने निर्देश दिया कि आवश्यक जांच किट और रीजेंट तत्काल खरीदने तथा देशभर की प्रयोगशालाओं में उनकी आपूर्ति के लिए पूरे प्रयास किए जाएं

श्री अग्रवाल ने बताया कि कोविड की जांच और इलाज में लगे चिकित्सकों और नर्सों को प्रशिक्षित करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि वे बिना संक्रमित हए रोगियों का इलाज कर सके

आपातकालीन सेवाओं के लिए जरुरी उपकरन लगाएं जा रहें जिनमें सबसे प्रमुख वेंटिलेटर हैं नाहरलग्न स्थित तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज ट्रिम्स के चीफ मेडिकल स्परिटेंडेंट डॉहागे अम्बिंग ने बताया कि कोविड के लिए बनाएं गए आई सी यू वाई में चार नए वेंटिलेटर लगाएं गए है

उन्होंने कहा कि हमे एक दूसरे के जीवन को ध्यान में रखकर दैनिक उपयोग की वस्त्ओं की खरीदारी करते समय भी एक दूसरे से एक मीटर की दूरी बनाएं रखनी चाहिए श्री दुलोम ने दुकानदारों से जिला प्रशासन द्वारा निर्धार्ति मूल्यों पर लोगों को आवश्यक वस्त्एं म्हैया कराने और ग्राहकों के बीच द्री को बनाएं रखने के लिए व्यवस्था करने को कहा